उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत मंडी शिमला व कल्लू जिले के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि वितरित की और उनसे बातचीत भी की मुख्यमंत्री ने बताया कि हिम हल्दी दूध पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है जिसका पेटेंट करवाया गया है उन्होंने कहा कि इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद है और लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय होगा

इनमें से एक लाख लोगों को कर्ज भी मंजूर कर दिए गए हैं इस योजना को लेकर रेहडी और फड़ी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है क्योंकिं उन्हें कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भूगतान करने पर ब्याज में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी डिजिटल लेनदेन करने वालों को एक हजार दो सौ रूपये का कैश बैक मिलेगा यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और लघु वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने वाले संगठन के रूप में निर्धारित किया गया है मणिमहेश श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही चंबा जिले की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है कोरोना महामारी के चलते श्रद्वालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है

आज से शुरू हुई पविंत्र मणिमहेश यात्रा राधाअष्टेमी के दिन डल झील में शाही स्नान के साथ सम्पन होगी चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पहले की भांति यात्रा का आयोजन नहीं होगा लेकिन साधू संतों की छड़ी यात्रा परम्परा अनुसार होगी

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है युवा दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है यह दिवस युवाओं की आवाज उनके कार्य और पहल को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है इस वर्ष का विषय ँ है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से भी जाति और लिंग भेद जैसी कई सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए आगे आने की अपील की है सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है